श्री मोदी ने कहा कि बाघों और हाथियों के संरक्षण की परियोजनाएं सफलताएं पूर्वक संचालित की गई हैं देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है आने वाले दिनों में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिये प्रोजेक्ट लायन शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट डालफिन के अंतर्गत नदियों और समुद्री डालफिन के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा इससे जैव विविधता मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही निःशुल्क खाद्यान प्रदाय का महा अभियान आरंभ होगा मेधावी विद्यार्थी योजना और सभी विद्यार्थियों के लिये मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी मुख्यमंत्री ने मेघावी विद्यार्थियों को लेपटाप वितरित करने की घोषणा करते हुए यह भी कहा कि प्रदेश में सर्वसुविधायुक्त और गुणवत्तापूर्ण सीएम राइज स्कूल प्रारंभ होंगे

मुख्यमंत्री ने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाने वाले वीर बलिदानियों के चरणों में नमन करते हुए कहा कि देश के लिये सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के सम्मान में भोपाल में स्थित शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा स्थापित की गई है

उन्होंने इसके लिये एक कानून लाने की बात कही

अटल पुण्यतिथि आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई की दूसरी पुण्यतिथि है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत अन्य बढ़े नेताओं और केन्द्रीय मंत्रियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर सदैव अटल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया

नवरोज आज पारसी नववर्ष पर उप राष्ट्रपति वैंकैया नायडू और प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने पारसी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं उप राष्ट्रपति ने जारी एक संदेश में कहा है कि पारसी समुदाय देश की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है इस समुदाय का देश की समृद्धि में योगदान अभिनंदनीय है वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत की समृद्धि में पारसी समुदाय का असाधारण योगदान है जिसकी विभिन्न क्षेत्रों पर अमिट छाप है नया वर्ष सभी के जीवन में शान्ति और खुशहाली लाए

राज्यपाल ने आनंदीबेन पटेल ने उन्हें सादर नमन किया है